नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम नगर पालिका परिषद और नगर परिषद को अलग से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा

प्रथम चरण में प्रातकालीन गतिविधियों में वार्ड स्तर पर श्रममूलक कार्य कराये जायेंगे जिसमें जन सामान्य और जन प्रतिनिधियों को जोड़कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा दूसरे चरण में विचार गोष्ठी और कैंप आयोजित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार परिवर्तन के लिये प्रचार प्रसार किया जायेगा वहीं तीसरे चरण में दिन भर की सभी गतिविधियों की जानकारी संचालनालय को देनी होगी शिवराज जनआशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज उमरिया पहुंची जिला मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुये श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश का कोई भी गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा भाजपा सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को पक्का मकान बनाकर देगी इससे पहले यह यात्रा कल शहडोल जिले के केशवाही और शहडोल नगर पहुंची अमलई चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुये श्री चौहान ने कहा कि बकहो को नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा अपने शहडोल कार्यक्रम के दौरान कोतमा के भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व मंडी अध्यक्ष विनोद सराफ के निधन का समाचार मिलने पर श्री चौहान आज सुबह कोतमा पहुंचे और श्री सराफ के अंतिम संस्कार में शामिल हुये

सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रि परिषद के सदस्य होंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे जबकि मंत्री जयंत मलैया दमोह गोपाल भार्गव सागर गोरीशंकर शेजवार रायसेन डॉ नरोत्तम मिश्र दतिया उमाशंकर गुप्ता मोपाल अर्चना चिटनिस बुरहानपुर यशोघराराजे सिंधिया शिवपुरी और जयभान सिंह पवैया ग्वालियर में आयोजित सम्मेलन में भाग लेंगे धार में इस सम्मेलन का शुभारंभ पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य करेंगे आगरमालवा जिले में स्वरोजगार सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही है रोजगार मेला भोपाल में कल लगे अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेले में एक सौ उन्तीस युवाओं का विभिन्न कंपनियों में रोजगार के लिये चयनित किया गया है इन्हें लेटर ऑफ इंटेन्ट दिया गया है इस मेले में छः सौ साठ युवाओं ने पंजीयन करवाया था मौसम प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से भारी बारिश का दौर थम गया है उत्तरीय मध्यप्रदेश को छोड़कर अन्य स्थानों पर गर्मी और उमस बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन चार दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है प्रदेश में इस साल मॉनसून में अभी तक नो जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है वहीं छत्तीस जिले ऐसे है जहां सामान्य वर्षा हुई है कम बारिश वाले जिलों की संख्या छः है रायसेन टीकमगढ़ नीमच शाजापुर आगरमालवा मुरैना भिंड दतिया और सीहोर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है कम बारिश वाले जिले अलीराजपुर धार डिंडौरी रीवा बैतूल और अनूपपुर हैं

प्राशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली है